सरकार ने ऋण शोधन अक्षमता कानून ढांचे के तहत संकट ग्रस्त छोटे ऋण लेने वालों के लिए ऋण माफी की योजना बनाई है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखिरियाल निशंक ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पर आधारित एक कांफ्रेस का उदघाटन किया मौसम विभाग ने हरियाणा में कई सथानों पर आज और कल आंधी तुफान और बारिश का अन्मान बताया है केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पंचकूला जिले के कालका में आने वाले विधानसभाओं के मद्देनज़र जन आर्शीवाद यात्रा को रवाना किया इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री और हरियाणा में चूनाव प्रभारी नरेन्द्र सिहं तोमर केन्द्रीय राज्य मंत्री रत्न लाल कटारिया राज्य सभा सांसद डी पी वत्स हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल स्भाष बराला और अन्य बीजेपी नेता मौजूद थे भारी बारिश के बावजूद एकत्रित विशाल जन सभा को सम्बोधित करते हये श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा वो वोह पाकिस्तान दवारा अधिकृत किए गये कश्मीर के बारे ही करेगा सरकार कभी भी भारत को नीचें नहीं गिरने देगी

उन्होंने कहा कि पिछली भ्रष्टाचार सरकारों के शासन के बाद अब पिछले पांच वर्षो से हरियाणा में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा रहा है उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगले मुख्यमंत्री भी मनोहर लाल ही होंगे सरकार ने ऋण शोधन अक्षमता कानून ढांचे के तहत संकट ग्रस्त छोटे कर्जे लेने वालो के लिए ऋण माफी की योजना बनाई है दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहित आई बी सी के तहत नई शुरूआत प्रावधानों के हिस्से के तौर पर प्रस्तावित ऋण माफी की पेशकश की जायेगी कारपोरेट कार्यसचिव एन जी टी श्री निवास ने बताया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छोटे संकट ग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए प्रस्तावित ऋण माफी के मानदंडो के बारे मे लघ् वित उद्योग के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है श्री श्रीनिवास ने बताया कि आर्थिक तौर जो ज्यादा ग्रसित है उनके लिऐ ये स्विधा दी गई है

इस फ्रेमवर्क से जहां अच्छे कॉलेज ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आएंगे वहीं कॉलेजों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा होगी विदयार्थियों को बेहतर कॉलेज का चयन करने में भी इससे सहायता मिलेगी हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के समग्र प्रदर्शन में स्धार लाने और अन्य गतिविधियों के वर्तमान आकार में उत्कृष्टता की संस्कृति लाने के लिए एक प्रयास नामक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है उन्होंने बताया कि विभाग ने जो प्रयास फ्रेमवर्क तैयार किया है उसमें सरकारी व सहायता प्राप्त कॉलेज निजी कॉलेज तथा राज्यनिजी विश्वविद्यालयों का आंकलन किया जाएगा

ये कार्यक्रम एम एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शत साढ़े नौ बजे से सूना जा सकता है

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखिरियाल निशंक ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पर आधारित एक कांफ्रेस का उदघाटन किया इस अवसर पर बोलते हये उन्होंने कहा कि भारत को पारंपिरक शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षण का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है भारतीय अध्यापकों को विश्व ग्रू के रूप में जाना जाता है

पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के म्ख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण म्रारी ने कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में मुकदमों की उपस्थिति को समाप्त करने व पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान के मामलों को ऑनलाइन निपटाने के लिए फरीदाबाद में पहले वर्च्अल कोर्ट की विधिवत श्रुआत की यह वर्च्अल कोर्ट पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा करेगी फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक ग्र्प्ता ने बताया कि इस परियोजना के तहत वर्च्अल कोर्ट में प्राप्त मामलों को स्क्रीन पर ज्र्माने की स्वचालित गणना के साथ न्यायाधीश द्वारा देखा जा सकता है इसके लिए जिला फरीदाबाद में ज्य्डिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रियंका जैन की अदालत को वर्च्अल कोर्ट का दर्जा दिया गया है

हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानोंपर कल से रूक रूक कर बारिश हो रही है

लगातार वर्षा के कारण बहत से स्थानों में तापमान गिर गिया है

मौसम विभाग के अन्सार आज और कल हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में मध्यम से तेज़ वर्षा का अनुमान है करनाल के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने इन्द्री और धरौंडा क्षेत्र के यम्ना के साथ लगते गांवों में ग्रामीणों को सख्त निर्देश देते हये कहा है कि प्रदेश की सीमाओं के साथ लगते पड़ोसी राज्यों में अधिक बारिश के कारण यम्ना नद्री उफान पर है कोई भी नदी में नाव लेकर या तट के पास न जाये किसानों को भी यमुना तट के साथ लगते खेतों में न जाने की अपील की गई है आज पत्रकारों से बातचीत में उपाय्क्त ने बताया कि हथनीक्ंड बैराज से लगभग साढ़े छ लाख क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ा गया है उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग राजस्व विभाग तथा प्लिस विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है स्वास्थ्य विभाग तथा पश्पालन विभाग को भी बाढ़ आने की स्थिति मे राहत पहुंचाने के लिए तैयार करने को कहा गया है हरियाणा के पूर्व भूपेन्द्र सिंह हडडा ने चर्चाओं के बीच फिलहाल पार्टी न छोड़ने का निर्णय लिया है

दरअसल पिछले कई दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि हडडा कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बना सकते है रैली के दौरान पुर्वमुख्यमंत्री ने हरियाणा की मौजुदा भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की और सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कही